श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं श्री मोदी ने कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है

प्रवानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए

इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में दो सौ घनमीटर प्रतिघंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है

मंत्रालय ने कहा कि गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है अन्य उर्वरक कंपनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया श्री मांडविया ने उर्वरक कंपनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्वि करने के लिए कहा देश में कोविड टीकाकरण अभियान स्गमतापूर्वक चल रहा है

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंघानकर्ताओं के दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विशेष गणितीय गणना सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य में कोविड के प्रमुख केंद्र लखनऊ में रोगियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद कोविड महामारी की दूसरी लहर धीमी हो जाएगी और देश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आ जाएगी देश में कल कोरोना संक्रमित लोगों और कोविड से मृतकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या बढने से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ गई है

मिर्जापुर नगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी गुदरी में बीती आधी रात को एक जर्जर मकान धराशायी हो गया

पुलिस मलबे मे दबे पायो लोगों के शयों को बाहर निकाल लिया है जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है